चीन से आने वाले यात्रियों से भी कहा गया है कि वे अपने स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रखें

उन्होंने कहा कि अभी तक देश में कोरोना वायरस का एक भी पुष्टम मामला सामने नहीं आया है

देश सहित प्रदेश के विभिन्न भागों में इस अवसर पर कार्यक्रम व प्रार्थना सभाएं आयोजित कर बापू को श्रद्वाजंलि दी जा रही है

ये दिन कुष्ठरोग निवारण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है महात्मा गांधी ने कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों की देखभाल के लिए भी विशेष प्रयास किए थे राज्य सरकार द्वारा आज से कुष्ठ रोग निवारण अभियान की शुरूआत की जा रही है

बसंत पंचमी बसंत पंचमी का पर्व आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस पर्व को बसंतोत्सव और फूलों के खिलने के मौसम का आरंभ माना जाता है साथ ही आज के दिन ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती का वंदन पूजन किया जाता है

इस अवसर पर भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा देवालय से कुल्लू के ढालपुर स्थित अस्थायी शिविर के लिए निकाली जाएगी इस दौरान श्रीराम व भरत के मिलन की रस्म निभाने के अलावा लोग एक दूसरे को गुलाल भी लगाते हैं मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ बना हुआ है और धूप निकलने से लोगों को ठंड से मामूली राहत मिल रही है हालांकि तापमान में गिरावट के चलते समूचे प्रदेश में जबरदस्त ठंड जारी है बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन को सामान्य बनाने के प्रयास जारी है

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लाहौल स्पिति कुल्लू चंबा किन्नौर और शिमला जिलों के उंचाई वाले इलाकों में हिमखंड गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों को ऐसे क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी है मौसम विभाग ने भी आज प्रदेश में मौसम आमतौर पर साफ बने रहने की संभावना जताई है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मौसम से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है

जलशक्ति विभाग में बंद होगी आउटसोर्सिंग शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है ठेका प्रथा खत्म करने की तैयारी में सरकार कमेटी तय करेगी कौन होगा समाहित दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं आईपीएच विभाग में नहीं होगी आउटसोर्स पर भर्ती तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर शुरू की गई पहल को अमर उजाला ने शीर्षक दिया है एक पौधा लगाने पर विद्यार्थियों को मिलेंगे अतिरिक्त दो कोडिट

पुलिस विभाग में बड़े फेरबदल की तैयारी शीर्षक से दैनिक जागरण ने लिखा है गृह विभाग ने शुरू की कवायद कुछ जिलों के एसपी इधर से उधर होंगे आपका फैसला ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखा है दिल्ली को संवारने के लिए भाजपा की सरकार की जरूरत